इसे आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित किया जायेगा क्षेत्रीय भाषाओं में इसका अनुवाद शाम आठ बजे फिर से प्रसारित किया जायेगा अमित शाह केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार आंदोलनकारी किसानों से बातचीत करने को तैयार है उन्होंने कहा है कि कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने उन्हें तीन दिसंबर को बातचीत के लिए बुलाया है श्री शाह ने कहा कि सरकार किसानों की हर समस्या और मांग पर चर्चा करने के लिए तैयार है

कोरोना जागरुकता प्रदेश के सर्वाधिक कोरोना संक्रमित शहर इंदौर में सांसद शंकर लालवानी की पहल पर कोरोना के खिलाफ जिला प्रशासन ने जन जागरण की नई मुहिम शुरू की है

इन टीमों को सांसद ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया उधर खरगोन से हमारे संवाददाता ने बताया है कि ग्रामीण विकास विभाग के प्रमुख सचिव एवं जिले के कोरोना प्रभारी अधिकारी सचिन सिन्हा कल जिले के एक दिवसीय भ्रमण पर रहे इस दौरान उन्होंने जिले की स्थिति की समीक्षा की श्री सिन्हा ने मांगलिक आयोजनों पर नजर रखने और आवश्यकता होने पर अस्थाई जेल बनाए जाने के निर्देश दिए नरसिंहपुर जिले में कलेक्टर वेद प्रकाश ने जिले में कोरोना संक्रमण की प्रभावी रोकथाम के लिए जारी गाइड लाइन का पालन सुनिश्चित करने के लिए अभियान चलाने के निर्देश दिये हैं इस सिलसिले में गाडरवारा शहर और आसपास के क्षेत्रों में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क लगाने की मुहिम चलाई जा रही है रायसेन में जिले के कोरोना प्रभारी अधिकारी उमाकान्त उमराव ने कल संकमण की रिथिति की समीक्षा की

राष्ट्रीय जल जीवन मिशन का उदेश्य प्रदेश के समग्र ग्रामीण अंचल में पेयजल उपलब्ध करवाना है

स्कूल शिक्षा विभाग ने कल इस संबंध में निर्देश जारी कर दिये हैं इस दौरान नौवीं से बारहवीं तक की कक्षायें आंशिक रूप से लगेंगी पूर्व में दिये गये दिशा निर्देशों के अनुरूप डिजिटल कक्षायें जारी रहेंगी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

इसके तहत मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सीहोर के शाहगंज में और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भोपाल के मिसरोद में प्रशिक्षण वर्ग के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे

इसके अंतर्गत खरगौन सागर नीमच सतना ग्वालियर सिंगरौली छिंदवाड़ा और शहडोल में नये सेण्टर बनाये जायेंगे